प्रधानमंत्री प्रदेश में भोपाल स्मॉर्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पहले समेकित कमान नियंत्रण केंद्र को आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्कार प्रदान किये यह प्रस्कार महापौर आलोक शर्मा मध्यप्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव शहरी विकास विवेक अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अविनाष लावण्या ने गृहण किया भोपाल स्मॉर्ट सिटी के इन्टिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को अभिनव पहल के लिए यह पुरस्कार दिया गया

इस सेवा में राज्य स्तर की सीएम हेल्पलाइन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेवा के साथ साथ आपातकालीन फायर पुलिस और हेल्थसेवा एक सौ आठ शामिल हैं जबकि शहर स्तर की सेवा में मेयर एक्सप्रेस पब्लिक बाइक शेयरिंग स्मार्ट स्ट्रीट लाईट आदि को मॉनिट्रिंग और कंट्रोल किया जाता है भोपाल के साथ अहमदाबाद को भी यह पुरस्कार दिया गया नगरीय विकास श्रेणी में म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिये इन्दौर को भी पुरस्कृत किया गया यह पुरस्कार इन्दौर महापौर मालिनी गौर ने गृहण किया हेपेटाइटिस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बने वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम से व्यापक बदलाव लाया जा सकेगा उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों और सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को लागू करेगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्रों में हेपेटाइटिस की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी हम गौरव के साथ कह सकते है कि हेपेटाइटिस वायरल का प्रोग्राम आज लांच करने के बाद इसका भी निदान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि वह प्रीवेंटिबल डिसीज को रोकना है उसमें एक और कड़ी जुड़ जाती है और वह आज का दिन है

कांग्रेस समिति प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज उज्जैन में मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री लोगो से आशीर्वाद नहीं जनता से प्रदेश की बदहाली के लिये क्षमा मांगे

वहीं इंदौर में भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सिंधिया ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए भाजपा सरकार को दोषी ठहराया

शेष उम्मीदवारों की घोषणा चुनाव के एक माह पहले की जाएगी

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी एप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

पुस्तकालय प्रदेश में संचालित प्रस्तकालयों के सुदृढीकरण के लिए तीन करोड रुपए का प्रावधान किया गया है

इसके अलावा भोपाल में मौलाना आजाद केन्द्रीय प्रस्तकालय और स्वामी विवेकानंद लायब्रेरी का भी संचालन किया जा रहा है

जिला प्रस्तकालयों के उन्नयन के लिये प्रति पुस्तकालय तीन लाख रुपये मंजूर किये गये हैं लिपिक हड़ताल प्रदेश में तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारी आज लगातार दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे इसके चलते आम लोगों को सरकारी काम में परेशानी हुई राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने शासकीय कार्य बंद रखा उन्होंने बताया कि विभागाध्यक्ष कार्यालय आयुक्त कार्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय तहसील कार्यालय में काम बंद होने से जनता को खाशी परेशानी का सामना करना पड़ा परिवहन कार्यालय बन्द रहने के कारण लोगों के लायसेंस और गाड़ियों की फिटनेस सहित अन्य काम प्रभावित हुए

खूले अधिवेशन में लेखन प्रकाशन भारतीय भाषाओं की उन्नति और देश की भाषा नीति पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान भारतीय भाषाओं का भविष्य विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद भी होगा

वहीं अलीराजपुर डिण्डोरी और रीवा जिले में कम वर्षा रिकार्ड की गई

घायलों को बरेली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजा गया

कार्यक्रम में सांसद मनोहर ऊंटवाल भी शामिल होंगे